प्रदेश में कल से पुलिसकर्मियों को मिलेंगे साप्ताहिक अवकाश

कैबिनेट बैंक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय की मंजूरी दे दी है तीनों बैंकों के बुनियादी ढांचे और विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं में तालमेल से विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकने वाले एक सुदृढ़ बैंक के निर्माण में मदद मिलेगी यह विलय योजना इस साल पहली अप्रैल से लागू हो जाएगी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन भत्ता और सेवा शर्ते पहले जैसी ही बनी रहेंगी तोमर तीन तलाक संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि तीन तलाक विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है और सरकार इसे राज्यसभा से पारित करवाने में आम सहमति प्राप्त करने की कोशिश कर रही है वे आज संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में श्री सक्सेना को शपथ दिलाई मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्य सरकार के अनेक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी कार्यकम में मौजूद थे गौरतलब है कि प्रदेश में नई सरकार चुने जाने के बाद विधानसभा का पहला सत्र सात जनवरी से शुरू होने वाला है

यात्रा के माध्यम से दिनचर्या में लेने वाले आहार की जानकारी दी जाएगी

प्रदेश में कल से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिये रोस्टर तैयार कर लिया गया है पुलिसकर्मियों को अवकाश के लिये पुलिस अधिक्षक जिले में थाना और चौकियों में पदस्थ कर्मियों का रोस्टर तैयार करेंगे राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मियों को पहला वीकऑफ गुरूवार को मिलेगा इस दिन आठ इंस्पेक्टर सहित चार सौ पचास पुलिसकर्मी छुट्टी पर रहेंगे वहीं छिंदवाड़ा में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश कल से मिलेगा

कल्पना परूलेकर कांग्रेस नेत्री और पूर्व विधायक डॉ कल्पना परुलेकर का आज महिदपुर में अन्तिम संस्कार किया गया उनका निधन लंबी बीमारी के चलते इंदौर के एक निजी अस्पताल में हो गया था

लगातार हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था डॉक्टरों के अनुसार आज सुबह साढ़े नौ बजे उन्होंने अंतिम सांस ली मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल्पना परूलेकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल्पना परूलेकर को श्रद्वांजलि अर्पित की डॉक्टर परूलेकर के निधन की खबर से उज्जैन महिदपुर सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है

शव बरामद शहडोल जिले में सोन नदी के खेतौली घाट में कल डूबे दो लड़कों के शव आज निकाले गये

नदी में नहाते समय एक दोस्त डूबने लगा जिसे बचाने के चक्कर में चारो पानी में डूब गये दो दोस्तों को गांव वालों ने बचा लिया था लेकिन आज सुबह कुछ घंटो की मेहनत के बाद शव बरामद कर लिये गये मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान राज्य के उमरिया मंडला खजुराहो और नौगांव में शीतलहर का प्रभाव रहा प्रदेश का सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया

वहीं शेष जगहों के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं रहा

नीमच बुरहानपुर विदिशा धार देवास और इन्दौर के जिला प्रशासन द्वारा तहसीलदारों को नुकसान के सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है

इस कैलेंडर की विषय वस्तु हस्तशिल्प और हुनर पर रखी गई है